कल जिला प्रमुख और प्रधान का चुनाव होगा

प्रदेश में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए चुनाव के नतीजों पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड़डा ने प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है एक ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा कि राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र की जनता किसानों और महिलाओं ने भाजपा में जो विश्वास प्रकट किया है यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी में विश्वास का प्रतीक है वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने कहा कि यह प्रधानमंत्री की किसानों के प्रति विकसित सोच और पार्टी की ग्रामीण विकास की नीतियों की जीत है

इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गयी हैं चिकित्सा मंत्री डॉ रघू शर्मा ने बताया कि पहले चरण में राजकीय और निजी चिकित्सा सेवा और महिला बाल विकास विभाग के कार्मिकों को टीका लगाकर उन्हें प्रतिरक्षित किया जायेगा

इसके साथ ही सभी जिलों में जिला कलेक्टर के नेतृत्व में टीकाकरण के लिए जिला टास्क फोर्स की टीमें बनाई गई हैं